यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा यह प्रसारण प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार के यू ट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध रहेगा प्रदेश में चम्बल भीलवाड़ा वृहद परियोजना से भीलवाड़ा जिले के नौ शहरों को पानी मिलेगा

मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने कल भीलवाड़ा जिले के करेड़ा में राजस्थान गौरव यात्रा के दौरान जनसभा में यह बात कही उन्होंने कहा कि भीलवाड़ा जिले के मालासेरी में भगवान देवनारायण का पेनोरमा अगले महीने तक प्ररा हो जाएगा मुख्यमंत्री ने आसींद में तीर्थ सवाईभोज मंदिर के दर्शन भी किए श्रीमती राजे ने मंदिर परिसर के पास स्थित प्रेमसागर सरोवर के विकास के लिए दो करोड़ रूपए देने की घोषणा की भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक की दूसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पूरे देश में तीन दिवसीय पराक्रम पर्व मनाया जा रहा है

प्रदेश में भी विभिन्न स्थानों पर पराक्रम पर्व के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है र्जेसलमेर में कल शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में शहीद पूनम सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजली अर्पित की गई प्रदेश भर में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से थर्ड ग्रेड पीटीआई की भर्ती परीक्षा आज आयोजित होगी इससे ठीक पहले पुलिस ने उक्त भर्ती परीक्षा में धांधली कराने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है

इन परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र जयपूर तक पहंचाने के लिए अलग से एक एक लाख रुपए भी लिए गए थे झूंझनूं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कर्स्व के एक कोचिंग सेन्टर में आज होने वाली थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों को पेपर उपलब्ध करवाये जाने की सूचना मिली थी जिसकी एवज में मोटी रकम भी ली जा रही थी

इनमें से एक दलाल चूरू के शिक्षा विभाग में फिजिकल ट्रेनर है इन सभी को थाने में लाकर पूछताछ की गई तो अभ्यर्थियों ने सारा मामला उजागर किया केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने जल की एक एक ब्रंद की उपयोगिता समझने की जरुरत बताते हुए कहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान को दुनिया के कई देशो में अपनाया जाने लगा हैं श्री शेखावत कल मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के तहत जोधप्र में एक दिवसीय संभाग स्तरीय कार्यशाला में बोल रहे थे केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि जीवन में बड़ा काम करने के लिए बड़ा मन होना जरूरी है जितना बड़ा मन होगा जीवन में उतनी ही सुख की मात्रा बढ़ती चली जाएगी श्री सिंह सिरोही जिले के आब्रोड में प्रजापिता ब्रह्माकुमारी संस्थान के अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन में वैश्विक शिखर सम्मेलन के उदघाटन सत्र में बोल रहे थे श्री सिंह ने विज्ञान और अध्यात्म को एक दूसरे का पूरक बताया इस अवसर पर उच्चत्तम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने कहा कि विश्वव्यापी संगठन ब्रह्माकुमारी द्वारा की जा रही हैं सेवाएं मानव को सही दिशा में ले जा रही हैं

प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष डॉ अर्चना शर्मा ने बताया कि पार्टी के राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत शुरु किये जाने वाले इस अभियान को जिला विधानसभा क्षेत्र ब्लॉक और बूथ स्तर तक ले जाया जायेगा असम के कोकराझार जिले के गौसाईगांव में तैनात सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल के जवान सीकर जिले के निवासी रोहिताश कुमार यादव का अंतिम संस्कार आज उनके पैतुक गांव भारणी में पूरे सैनिक सम्मान के साथ होगा

राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड तिलम संघ की बंद इकाइयों को दुबारा चालू किया जायेगा सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार और तिलम संघ के प्रशासक नीरज के पवन ने तिलम संघ की छठी आमसभा में कल यह बात कही